इस दौरान वे झण्ड्रता और घुमारवीं क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

दौरा राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से प्राकृतिक कृषि अपनाकर नए क्षेत्रों की खोज करने की जरूरत बताई है जिससे उनकी आय दोगुना होगी और जीवन स्तर सुधरेगा

आचार्य देवव्रत ने कहा कि सोलन जिला टमाटर व सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और सब्जी उत्पादन में प्राकृतिक कृषि अपनाकर न्यूनतम लागत को और कम किया जा सकता है प्राकृतिक खेती की तकनीक से सब्जी उत्पादन को देखने के लिए सोलन के प्रगतिशील किसानों ने क्रुक्षेत्र स्थित केंथला फार्म का दौरा भी किया

इस अवसर पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस वर्ष का थीम है दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाओ और उनके समावेश व समानता को सुनिश्चित करो

मौसम प्रदेश में सुबह शाम शुष्क ठंड का दौर जारी है उंचाई वाले इलाकों में जहां तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है वहीं मैदानी स्थानों में कुछ स्थानों पर तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में न्यूनतम तापमान माईनस पांच डिग्री सैल्सियस जबकि कोकसर दारचा लोसर और म्याड़घाटी में तापमान शन्य से नीचे दस डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया इन इलाकों में ठंड के कारण पानी के स्रोत जमने लगे हैं पर्यटन स्थल मनाली और किन्नौर जिला के कल्पा में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चल रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है ब्रॉडगेज नहीं होगा नैरोगेज ही रहेगा पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक अमर उजाला का शीर्षक है कांगड़ा और शिमला ट्रैक नहीं होंगे ब्रॉडगेज बदलेंगे पटरियां चलेंगी नई ट्रेनें दिव्य हिमाचल के शब्द हैं ब्रॉडगेज नहीं हेरिटेज बनेगी पठानकोट जोगिंद्रनगर रेललाइन दैनिक जागरण के मुताबिक कालका शिमला की तर्ज पर पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर भी दौड़ेंगे पारदर्शी कोच अजीत समाचार का कहना है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक को ब्रॉडगेज बनाने की कोई योजना नहीं आपका फैसला ने लिखा है नैरो लाईन को ही नया रूप दिया जाएगा नई पटरियों को मिलेगी सौगात जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार पठानकोट जोगिंद्रनगर के बीच बढ़ेगी रेल की गति पीटीए पैट और पैरा अध्यापकों को नियमित करने में फंसा पेच शीर्षक से अमर उजाला लिखता है न अध्यादेश आएगा और न शीत सत्र में विधेयक ला पाएगी सरकार दिव्य हिमाचल की एक खबर है हिमाचल बदलेगा उद्योग नीति निवेशकों की मुश्किलें दूर करने के लिए निजी कंपनी की मदद लेगी सरकार मौसम पर दैनिक जागरण का शीर्षक है देशभर में सबसे ठंडा राज्य हिमाचल आपका फैसला के शब्द हैं माइनस दस डिग्री तापमान में जाम हुआ लाहुल स्पीति का जनजीवन

ढाई मंजिला भवन निर्माण के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लंबित मामलों पर चर्चा के दौरान लिया फैसला दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है किसमस व न्यू ईयर से पहले टॉय ट्रेन में हो हो सेवा ऊना में एक लाख रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा हैड कांस्टेबल संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सुरक्षित होंगे युवा में लिखा है कि नशा तस्करी रोकने के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होंगे जब लोगों का सहयोग मिले और युवा पीढ़ी को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा होना जरूरी है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कांगड़ा जिला प्रशासन कांगड़ा में ही भूमि तलाशने में जुट गया है शीर्षक है पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास की तैयारी